इसे लेकर आज शासन ने अधिसूचना जारी कर दी राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने इसकी मंज्री दे दी है इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने ख्शी व्यक्त करते हुए कहा कि भराड़ीसैण को आदर्श पर्वतीय राजधानी का रूप दिया जाएगा आने वाले समय में भराड़ीसैंण सबसे सुन्दर राजधानी के रूप में अपनी पहचान बनाएगा

उन्होंने कहा कि क्षेत्र में ब्नियादी ढांचे के विकास के लिए कार्ययोजना तैयार की जा रही है गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सरकार और प्रदेशवासियों को बधाई दी उन्होंने कहा कि यह राज्य के शहीद आंदोलनकारियों के लिए सच्ची श्रद्वांजलि है मुख्य सचिव म्ख्य सचिव उत्पल क्मार सिंह ने कहा है कि प्रदेश में अनलॉक के दौरान गाइडलाइंस का पालन सख्ती करना अनिवार्य है आज मीडिया संबोधित करते हए उन्होंने कहा कि अगर लोगों ने अन्शासन का पालन नहीं किया तो दोबारा लॉकडाउन की स्थिति पैदा हो सकती है

धर्मनगरी हरिद्वार के मठ मंदिर भी श्रद्वाल्ओं के लिए खोल दिए गए हैं

सरकार की गाइड लाइन के अन्सार हरकी पैड़ी के मुख्य द्वार पर सैनेटाइजिंग और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही श्रद्वाल्ओं को प्रवेश की अन्मति दी गई सभी श्रद्वाल्ओं को मास्क लगाना और गंगा स्नान करते समय उचित द्री बनाए रखना जरूरी है श्रद्वालुओं में कोरोना वायरस महामारी के प्रति जागरूक भी किया गया जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवदेशानंद महाराज द्वारा अधिष्ठात्री देवी माया देवी मंदिर की पूजा अर्चना की गई

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिलाधिकारी सविन बंसल के साथ केंद्रीय वाणिज्यिक विभाग के संयुक्त सचिव निधिमणी त्रिपाठी भी मौजूद थी जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में अधिकतर कोरोना पॉजिटिव मरीज महाराष्ट्र ग्जरात ग्डगांव और दिल्ली से आये प्रवासी हैं उन्होंने बताया कि हल्दवानी गेट वे ऑफ क्माऊं है जहां से बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना होता है इसलिए जिले में कोरोना पॉजिटिव केस बढ़े हैं उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं की जानकारी भी दी

राहत वाली बात यह है कि संक्रमित मरीज तेजी से स्वस्थ भी हो रहे हैं

डबलिंग रेट और रिकवरी रेट में स्धार हआ है

म्ख्य सचिव उत्पल क्मार सिंह ने आज पत्रकार वार्ता में बताया कि प्रदेश में सैंपलिंग में भी तेजी आयी है खासकर देहरादून और नैनीताल में अधिक से अधिक सैंपलिंग की जा रही है

यहां से डिस्चार्ज ह्ए सभी मरीजो को जिला प्रशासन और डॉक्टरों ने गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया साथ ही उनसे क्वारंटाइन नियमों का पालन करने की अपील की गई जिला अस्पताल के सीएमएस डॉ आरके जोशी ने बताया कि आइसोलेशन वार्ड में रखने के बाद मरीजों की नियमित जांच की जा रही थी गाइडलाइन के अन्सार मरीजों को उचित स्वस्थ स्विधा दी गयी इस दौरान उन्हें पौष्टिक भोजन और विटामिन की गोलियां दी गयी

रेस्टोरेंट को सैनेटाइज करने के बाद खोला गया नियम के म्ताबिक म्ख्य दवार में हाथ धोने और सैनेटाइजेशन के बाद ही रेस्तरां में ग्राहक प्रवेश कर पाएगा इसके साथ ही रेस्तरां संचालकों को अपने यहां आने वाले हर ग्राहक का रिकॉर्ड रखना जरूरी होगा व्यापार संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष जखवाल ने कहा कि नियमों का पूरा ख्याल रखा जाएगा बागेश्वर का म्ख्य ऐतिहासिक बागनाथ मंदिर आज नहीं ख्ला मंदिर के प्जारी नंदन सिंह रावल ने बताया कि मंदिर प्रबंधन समिति की बैठक के बाद ही मंदिर खोलने का निर्णय लिया जाएगा

लॉकडॉउन लगने से पहले ही कोरोना वायरस संक्रमण के चलते जिला प्रशासन ने धाम के कपाट बंद कराए थे अब कपाट खुलने के बाद केवल प्रदेशवासी ही नियमों का का पालन करते ह्ए मां पूर्णागिरि के दर्शन कर सकेंगे कपाट ख्लने के पहले दिन प्जारियों ने मंदिर की साफ सफाई की मंदिर के म्ख्य प्जारी और पूर्णागिरि मंदिर समिति के अध्यक्ष भ्वन पांडे ने बताया कि सरकार के नियमों को ध्यान में रखते हुए मंदिर के कपाट खोले गये हैं

उन्होंने बताया कि सभी पूजा घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में थर्मल स्कैनिंग और सेनिटाइजेशन अनिवार्य रूप से किया गया है स्टाफ और ग्राहक सभी अनिवार्य रूप से मास्क लगायेंगे साथ ही सभी टच प्वाइंटों को को विशेष रूप से साफ किया जायेगा इस बीच जिम बार सिनेमाहॉल कोचिंग सेन्टर मनोरंजन पार्क स्कूल और शैक्षणिक संस्थाएं पूरी तरह बंद रहेंगी मौसम प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज बारिश होने से तापमान में कमी दर्ज की गई राजधानी देहराद्रन समेत उत्तरकाशी टिहरी पौड़ी चमोली नैनीताल अल्मोड़ा बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हई मौसम विभाग के म्ताबिक अगले क्छ दिनों तक मौसम का यह क्रम जारी रहेगा राज्य में कहीं कहीं बारिश होगी और कुछ जगह बादल छाये रहेंगे सीएम बैठक म्ख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रदेश में म्ख्यमंत्री घोषणाओं को निर्धारित समय पर प्रा किया जाय म्ख्यमंत्री ने आज सचिवालय में डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के लिए की गई घोषणाओं के संबंध में बैठक ली उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत होने वाले कार्यों के लिए केन्द्र को प्रस्ताव बनाकर भेजे जाए